जिसमें दस मामले राजधानी ईटानगर क्षेत्र से छह चांगलांग से वेस्ट कामेंग से चार तवांग से तीन और अंजाव तिराप पाप्मपारे लेपारादा जिले से एक एक नए मामलों में आठ को छोड़ अन्य सभी एसिम्टिमेटिक है कल इकतालीस मरीज स्वस्थ हो गए है

राजीव गांधी विश्वविद्याल के सामाजिक कार्य व विधि विभाग द्वारा आयोजित भारत में न्याय वितरण तंत्र मौजूदा चिंताओं और विकसित आयाम नामक एक दिवसीय ओनलाईन राष्ट्रीय संगोष्ठी में वे ग्रुवार को बोल रहे थे इस अवसर पर श्री खांडू ने कहा कि लोग न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है लेकिन क्छ लोग न्यायिक व्यवस्था का शोषण करता है संविधान दिवस पर इस तरह के संगोष्टि के आयोजन पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के संस्थापको ने एक और जहां लोगों के आदर्शो और आकांक्षाओं को दस्तावेजों के जरिए दर्शाया वहीं दूसरी और भारतीयों के भविष्य को भी स्रक्षित किया

बैठक में वर्तमान मादक द्रव्यों के सेवन और जिलेवार परिदृश्य का जायजा लिया गया बैठक में गहन विचार विमर्श के बाद म्ख्य सचिव ने एन सी बी को प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरों पर रोक लगाने के लिए एक समिति गठित कर व्यापक चार वर्षीय कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया

यह समिति सभी कान्न प्रर्वतन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सहित सभी आयामों को कवर करेंगे

बाद में उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया

सुबह वे अहमदाबाद में जायडस बायोटिक गए और बाद में वह हैदराबाद में कैडिला फार्मास्य्टिकल्स पहंचे श्री मोदी ने प्णे में सीरम इन्सटीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की

अटल तिंकरिंग लैब केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार और रचनात्मकता का माहौल विकसित करना है एटीएल का उद्घाटन करते हए जिला उपाय्क्त किन्नी सिंह ने छात्रों को एटीएल का इस्तेमाल कर अपने अंदर बसे नवोदित इन्नोवेटर को आकार देने को कहा उन्होंने कहा कि केवी पासीघाट के य्वा प्रतिभाओं और क्षमताओं को ढूंढने का एटीएल एक जरिया होगा जिला उपाय्क्त ने छात्रों से भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझकर इसके सार को अपने दैनिक जीवन में अपनाने को कहा

ईटानगर के च्नावी प्रेक्षक की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्य च्नाव आयोग का ब्नियादी अधिदेश आगामी पंचायत और नगरपालिका च्नाव का स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण च्नाव कराना है श्री कोजीन ने कहा कि च्नावी प्रेक्षक से च्नावी प्रक्रिया जैसे च्नाव आचार संहिता और अन्य प्रक्रियाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर सीधे सुझावों की आशा रखते है बैठक में पैतीस चुनावी प्रेक्षक उपस्थि थे गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत और नगरपालिका च्नाव एक ही चरण में बाईस दिसंबर को आयोजित किया जाएगा